वे आज ग्रामीण तेलंगाना में लाल खन की कोशिकाओं थैलीसीमिया और अन्य अनुवांशिक रक्त विकारों से संबंधित उत्कृष्टता केन्द्र के सभागार का उद्घाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे राष्ट्रपति ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि आधुनिक चिकित्सा सेवायें उपलब्ध होने के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चों को लाल खुन की कोशिकाओं और रक्त विकारों का सामना करना पड़ रहा है राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए केन्द्र का आयभान भारत कार्यक्रम एक वरदान है दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण किया इक्कीस जनवरी को आयोजित होने वाले तीन दिवसीय प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिये मृख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश भी दिये सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री ने कार्शी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों की सविवा के लिये बांस फाटक से निर्मित हेल्य डेस्क का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हेल्य डेस्क से मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सकेगी मुख्यंमत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण और सन्दरीकरण के कार्य का स्थलीय निरीक्षण भी किया इस दौरान उन्होंने मंदिर कॉरिडोर विस्तारीकरण और सौन्दर्यीकरण के कार्य की प्रस्तती भी देखी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉरिडोर के निर्माण कार्य को गृणवत्ता के साथ तेजी से पूरा किया जाए इस अवसर पर प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी भी मौजूद रहे बलिया के जन नायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय का दूसरा स्थापना दिवस आज समारोह पूर्वक मनाया गया इस अवसर पर राज्यपाल राम नाईक और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने पचास लाख की लागत से स्थापित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ का लोकार्पण किया लोकार्पण कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि विश्वविद्यालयों में वेतहर बनने की प्रतिस्पर्वा होनी चाहिये इससे विकास का रास्ता खलता है उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि शोध पीठ की स्थापना से विश्वविद्यालय का दायरा बढेगा

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में विदेशी भाषाओं को शामिल करने की पहल भी शुरू हयी है प्रयास यह है कि रिक्षा के साथ रोजगार भी सुनिश्चित कराया जा सके डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को हर दृष्टि से समृद्व बनाना है उन्होंने कहा कि बलिया के विकास के लिये सरकार प्रा प्रयास कर रही है केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण और वन मंत्री डॉक्टर हर्षक्धन ने कहा है कि उत्सर्जन में कमी लाने और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने के भारत के मॉडल का अन्य देश अनुसरण कर रहे हैं हैदराबाद में आज अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान अभियान प्रशिक्षण केन्द्र के अटल परिसर का उदघाटन करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन वैज्ञानिकों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को लेकर चिन्ता को कम करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन सार्वजनिक कोष से स्वच्छता की व्यवस्था करने वाला विश्व का सबसे बडा कार्यक्रम है आकाश्ववणी से एक विशेष भेंट में मंत्रालय के सचिव प्रमेश्वर अय्यर ने कहा है कि यह कार्यक्रम राजनीतिक इच्छा शक्ति सार्वजनिक धनराशि भागीदारी और लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर चलता है श्री अय्यर ने कहा कि देश दो हजार उन्नीस तक खुले में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बडे अच्छे ढंग से आगे बढ रहा है उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने जो नव भारत द ष्टिकोण पत्र जारी किया है उससे पता चलता है कि उत्तस्प्रदेश और बिहार शौचालयों के निर्माण में पीछे हैं क्योंकि दोनों राज्यों के शहरी इलाकों में इनके लिए जगह की उपलब्धता की कमी है श्री अय्यर ने बताया कि ग्रामीण उत्तस्प्रदेश में लगभग सौ प्रतिशत और बिहार में लगभग नब्बे प्रतिशत शौचालय बना दिये गये हैं आकाशवाणी के वर्ष की समाप्ति के कार्यक्रम की श्रृंखला में श्रोता इस भेंटवार्ता को एफ एम गोल्ड चैनल पर रात साढ़े नौ बजे सुन सकते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रमु को सुधारों विशेष रूप से बिजली क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए स्कॉच गोल्डन जुबली चेलेंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये पुरस्कार स्वतंत्र रूप से स्थापित सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं उन्हे यह पुरस्कार नई दिल्ली में प्रदान किया गया सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देबरॅय ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना देश की प्रगति को दर्शाता है इस अवसर पर भारत दो हजार तीस पुस्तक का विमोचन भी किया गया